आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में महंगाई दर चरम सीमा पर थी और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में नहीं था

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व में विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद एनडीए सरकार ने देश के सभी वर्गो की समस्याओं के समाधान के दष्टिगत अनेक निर्णय लिए हैं अनुराग ठाकर ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के माध्यम से बडी राहत दी गई है और चार ऐसी कंपनियों ने अब तक इसका फायदा उठाया है उन्होंने कहा कि हाल ही में कई बैंकों का विलय किया गया है जिससे इनकी क्षमता बढ़ेगी

महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के चहमुखी विकास के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है

उन्होंने लोगों से बागवानी गतिविधियों को अपनाने का आहवान करते हुए नगदी फसलों की खेती करने पर बल दिया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके महेंद्र सिंह ठाकूर ने विभिन्न योजनाओं के तहत उदारतापूर्वक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पिछले दिनों रोहड् विधानसभा क्षेत्र में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों बडियारा विड़गांव और संदोसू का आज जायजा लिया उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावितों को हर संभव सहायता तूरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को इस घटना में हए नुकसान का जल्द आंकलन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा ताकि प्रभावित परिवारों के पूर्नवास के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा सके उन्होंने बंद सड़कों को खोलने और जलापूर्ति की सुविधा को निरंतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए बिंदल केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी जल शक्ति अभियान के तहत नाहन विकास खंड में भूमि जलस्तर की वृद्धि के लिए चैकडैम वर्षा जलसंग्रहण टैंक और तालाबों का निर्माण किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार और पौधरोपण भी किया जाएगा राजीव बिंदल ने पंचायत प्रतिनिधियों से जलशक्ति अभियान के साथ जुडकर अपनी सहभागिता का आहवान किया

प्रभावितों ने किलोड वार्ड के ज़िला परिषद सदस्य ललित ठाकर के नेतृत्व में आज चंबा में एक रैली निकाली प्रभावितों ने सरकार से उनकी धनराशि जल्द देने के संबंध में जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश देने की गुहार लगाई है गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी आज प्रदेशभर में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का दस दिन का जन्मोत्सव आज से शुरु होकर गणेश चतुर्देशी पर सम्पन्न होता है इस उपलक्ष्य पर विभिन्न स्थानों पर श्री गणेश भगवान की मूर्तियाँ स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है इसी कड़ी में सोलन में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने हिस्सा लिया

राजीव सहजल ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने समाज में एकता का संदेश देने को उदेश्य से महाराष्ट्र से गणेश चतर्थी की शुरूआत की थी उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भगवान पर लोगों में आस्था का प्रतीक है

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से निगम के र्सेवानिवृत कल्याण मंच के साथ किया गया वायदा पूरा हो गया है